प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ये अस्थि कलश ग्रहण करेंगे उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की अस्थियां शिमला स्थित पार्टी कार्यालय लाई जाएगी और बाद में इन्हें प्रदेश की प्रमुख नदियों में विसर्जित किया जाएगा इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज शिमला में सार्वजनिक सर्वदलीय प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक संगठन के लोग भाग लेंगे

प्रदेश विधानसभा के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायक दलों की बैठकें आज शिमला में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेगा और सत्र के दौरान लाये जाने वाले संशोधनों पर भी चर्चा होगी कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी इस बैठक में शामिल होगी देश सहित प्रदेशभर में ईद उल जुहा पूरे धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है ईद उल जुहा पैगम्बर हजरत इब्राहिम द्वारा ईश्वर की इच्छा का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है राष्टपति रामनाथ कोंविद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल जुहा की बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ये त्योहार समाज में एकता और कुर्बानी की भावना का त्योहार है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने छात्रवृति घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है छात्रवृति घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंपेगी सरकार अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ने लिया फैसला पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है सीबीआई को सौंपी जाएगी छात्रवृति घोटाले की जांच योजना में अनियमितताएं

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है स्कॉलरशिप घोटाले की होगी सीबीआई जांच अब एक बैंक खाते पर एक ही छात्रवृति हिमाचल दस्तक के मुताबिक करोड़ों के छात्रवृति घोटाले की जांच करेगी सीबीआई कई निजी संस्थानों ने एससी एसटी व ओबीसी छात्रवृति के नाम पर खूब खाई मलाई हिमाचल दस्तक के अनुसार स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच के आदेश प्रदेश के बाहर के शिक्षण संस्थानों के कारण सरकार का फैसला पंजाब केसरी लिखता है हंगामापूर्ण होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र विधानसभा अध्यक्ष ने पक्ष विपक्ष को बुलाकर संचालन के लिए मांगा सहयोग अमर उजाला के शब्द हैं एंजेडा तैयार पर मॉनसून सत्र चलने पर अभी संशय आपका फैसला का शीर्षक है विधानसभा सत्र को लेकर मुकेश अग्निहोत्री व विधानसभा अध्यक्ष बिंदल ने की चर्चा हिमाचल प्रदेश में फिर से शुरू होगी एसएमसी आधार पर शिक्षकों की भर्ती शीर्षक से अमर उजाला लिखता है भाजपा सरकार ने दी है एसएमसी को मंजूरी विपक्ष में रहते किया था विरोध दैनिक जागरण के शब्द हैं प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में भी तैनात होंगे एसएमसी शिक्षक अमर उजाला लिखता है एसएमसी से भरे जाएंगे स्कूलों में हजारों रिक्त पद सरकार ने उच्चतर शिक्षा के सभी उप निदेशकों को जारी किए फरमान

अमर उजाला की एक खबर है मौसम से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है आज भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल सरकार ने पहली बार जारी की एडवाइजरी सतर्क रहे प्रशासन

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय सावधान रहें अभिभावक में लिखता है कि व्लू व्हेल के बाद अब मोमो चेंलेज गेम अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती है आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली गेम से बच्चों को बचाना जरूरी है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय साहित्यिक पटरी पर कारवां में लिखा है कि लेखक समुदाय ने कालका शिमला रेल को साहित्यिक पटरी पर दौडा़ कर यह बता दिया कि छोटा सा बदलाव भी भविष्य की इबारत लिख सकता है